अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमरीकी रिपोर्ट को खारिज करते हुए भारत ने कहा अल्पसंख्यकों के लिये भारत सबसे सुरक्षित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे में मरने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और इस मामले की जांच जोधपुर के संभागीय आयुक्त बी एल कोठारी को सौंपी है

इस बीच केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपना रांची दौरा रद्द कर आज सुबह बालोतरा पहुंचे और अस्पताल में भर्ती घायलों से उनकी कुशलक्षेम पूछी

इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हादसे पर गहरा शोक जताया है और कहा है कि सरकार को पीडितों की हरसंभव मदद करनी चाहिये उन्होंने मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हादसे को दर्भाग्यपूर्ण बताया है और हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है गौरतलब है कि कल बालोतरा क्षेत्र के जसोल कस्बे में तेज अंधड़ के कारण एक पाण्डाल गिरने से ये हादसा हुआ था हादसे के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धाल् मौजूद थे

सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाडा में केंटर पलटने से नौ लोगों की मौत हो गई इनमें सात महिलाएं और दो बालकाएं शामिल है

सवारियों से भरा यह ट्रक चौथ का बरवाडा से टोंक जा रहा था बीच में अनियंत्रित होकर पलट जाने से यह हादसा हआ घायलों को इलाज के लिये सवाईमाधोपुर रैफर किया गया है जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के परिजनों को एक एक लाख रूपये और घायलों को बीस बीस हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है संसद के दोनों सदन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे

भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में बहस की शुरूआत करेंगे जबकि केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र लोकसभा में चर्चा शुरू करेंगे

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारत में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की स्थिति के बारे में किसी अन्य देश की सरकार को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है अमरीकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत एक सशक्त लोकतंत्र है जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गांरटी देता है इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने भारत को अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित बताया राज्यपाल और कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने कहा है कि राज्य में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से ही दर्ज होनी चाहिए उन्होंने कहा कि बायोमैट्रिक मशीनों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में लिया जावे और विश्वविद्यालय प्रशासन इन मशीनों की नियमित रख रखाव की समीक्षा करे पिछले कुछ दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद उन्होने इस सम्बन्ध में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र भेजा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय समावेशन और कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए देशभर में पहला स्थान प्राप्त करने पर जैसलमेर जिला प्रशासन तथा जैसलमेरवासियों को बधाई दी हैं श्री गहलोत ने आशा व्यक्त की है कि इस सफलता पर जैसलमेर जिले को केन्द्र से मिलने वाली तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त ग्रांट का भी जिला प्रशासन जिले के विकास में समुचित उपयोग करेगा उद्योग विभाग की पांच दिवसीय शिल्पशाला आज से जयपुर में शुरु होगी उद्योग आयुक्त डॉ कृष्ण कांत पाठक ने बताया कि पहली बार आयोजित हो रही इस शिल्पशाला से परम्परागत शिल्प का संरक्षण और संवर्धन होगा

राजस्थान में मानसून के आने में अभी करीब सप्ताहभर की देरी है लेकिन अब तक मानसून पूर्व की वर्षा सामान्य से पचास फीसदी से अधिक हो चुकी है

प्रदेश में मानसून पूर्व की वर्षा के कारण कई जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई है इस बीच कल बांसवाड़ा में तेज वर्षा हुई जबकि झुन्झुन् और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर भी अच्छी बारिश हुई